धान की ब्आई अब भी जारी है जबकि दलहनों मोटे अनाज बाजरा और तिलहनों की बुआई का काम लगभग पूरा हो चुका है

उन्होंने कहा कि किसानों को समय पर बीज कीटनाशक उर्वरक मशीनरी और ऋण जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने से काफी बड़े इलाके में खरीफ की फसलों की बुआई संभव हुई है श्री तोमर ने कहा कि किसानों को इस बात का श्रेय दिया जाना चाहिए कि उन्होंने समय रहते नई टेक्नोलॉजी को अपनाया और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का फायदा उठाने के लिए आगे आए

शासन की कोविड सम्बन्धी गाइड लाइन का पालन करते हुए यात्री बसें शुरू होंगी प्रदेश में आने वाले कुछ दिनों में बस संचालन काफी हद तक व्यवस्थित होने की संभावना है बस स्टैंड पर सेनेटाइजर उपलब्ध रहेगा टेम्प्रेचर मापा जाएगा मास्क के बिना यात्रा नहीं करने दी जाएगी मध्यप्रदेश बस आनर्स एशोसिएशन ने आज सागर में पत्रकार वार्ता में यह जानकारी दी एसोसिएशन के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सन्तोष पांडे ने बताया कि सरकार ने अगस्त तक का टेक्स माफ किया है वहीं किराया बढ़ाने को लेकर सोमवार तक स्थिति स्पष्ट हो जायेगी ट्रेन संचालन पश्चिम मध्य रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए भोपाल के हबीबगंज स्टेशन से रीवा के बीच चलने वाली विशेष ट्रेन का संचालन कल से करने का फैसला किया है

इसके अलावा जबलपुर से भोपाल होते हुए इंदौर के लिए भी कल से ट्रेन चलाई जायेगी उधर जबलपुर के मदनमहल स्टेशन से रीवा के बीच भी कल से विशेष ट्रेन का संचालन होगा मदनमहल स्टेशन से ही सिंगरौली के बीच स्पेशल ट्रेन कल से चलाई जायेगी आदिवासी बाहल्य आदिवासी बाहल्य उमरिया जिले की जिला जल और स्वच्छता समिति के द्वारा गोवर्धन योजना के अंतर्गत जनपद पंचायत मानपुर की ग्राम पंचायत बड़ार का चयन किया गया है

छह विपक्षी दल शासित राज्यों ने उच्चतम न्यायालय के पहले दिए गए आदेश की समीक्षा करने और परीक्षाएं स्थगित करने का आग्रह किया था इधर प्रदेश में जेईई की परीक्षाएं चल रही है राज्य सरकारों द्वारा परीक्षार्थियों को परिवहन सेवा उपलब्ध कराई जा रही है

उधर उमरिया में छात्राओं को दल को विधायक शिवनारायण और कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

शिक्षक दिवस सम्मान उच्च शिक्षा मंत्री डॉ मोहन यादव शिक्षक दिवस पर कल दोपहर एक बजे से प्रदेश के प्राध्यापकों से वेबिनार के जरिये संवाद करेंगे इस विशेष आयोजन में मंत्री डॉ यादव उच्च शिक्षा की चुनौतियों के साथ नई शिक्षा नीति को लेकर भी प्राध्यापकों से बात करेंगे नई शिक्षा नीति में विद्यार्थियों के सर्वागीण विकास के साथ आत्मनिर्भरता कौशल विकास भारतीय मूल्यों और आदर्शों जैसे कई बहुउपयोगी विषयों का समावेश किया गया है

शिक्षकों को ने यह सम्मान अपने काम से अर्जित किया है कोरोना संक्रमण के इस दौर में भी शिक्षक पीछे नहीं है

रायसेन से हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री चौहान धोवाखेड़ी पग्नेश्वर और धनियाखेड़ी पहुंचे जहां उन्होंने खेतों में जाकर अधिकारियों को नुकसान के आंकलन के निर्देश दिये वहीं सीहोर में भी मुख्यमंत्री ने खराब हुई फसलों का सर्वे कराकर मुआवजा वितरण करने को कहा इस बीच राज्य में आज भी बारिश का दौर थमा रहा मौसम विभाग ने सागर जबलपुर भोपाल ग्वालियर चंबल होशंगाबाद रीवा संभागों में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावाना जताई है